और प्रदेश में पछुआ हवा के प्रभाव से ठंड में लगातार हो रही है वृद्धि

बुलेटिन की शुरूआत से पहले ये संकल्प कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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 प्रोमो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज कोविड के टीके के विकास और निर्माण प्रक्रिया की समीक्षा की इस सिलसिल में श्री मोदी ने अहमदाबाद पुणे और हैदराबाद स्थित कम्पनियों का दौरा किया उन्होंने वैज्ञानिकों और अधिकारियों के साथ विचार विमर्श भी किया प्रधानमंत्री अहमदाबाद में जायडस बायोटेक पार्क में जायडस काडिला फार्मास्यूटिकल्स कम्पनी के टीका विकास संयंत्र का दौरा किया हैदराबाद में भारत बायोटेक का दौरा करने के बाद अब तक के परिक्षणों के लिए वैज्ञानिकों को बधाई दी अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत बायोटेक आईसीएमआर के साथ मिलकर बहुत तेजी से वैक्सीन बनाने की दिशा में काम कर रहा है बाद में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने पुणे स्थित सीरम इन्स्टीट्यूट का दौरा किया हमारे संवाददाताने बताया कि जायडस काडिला फार्मास्यूटिकल्स कम्पनी के टीके के पहले चरण का क्लीनिकल ट्रायल पूरा हो चुका है कंपनी ने अगस्त से इसका दूसरा चरण शुरू किया है वहीं भारत बायोटेक कोवैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण जारी है कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पटना प्रशासन ने चौदह नए कंटेनमेंट जोन बनाए हैं सबसे अधिक सात कंटेनमेंट जोन पटना सदर अनुमंडल में बनाए गए हैं जबकि पटना सिटी में पांच और कंकड़बाग में तीन जोन बनाए गए हैं जिला प्रशासन द्वारा जिन इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है उसे सील कर दिया गया है जिलाधिकारी कुमार रवि ने बताया कि छठ महापर्व संपन्न होने के बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन को आशंका है कि गंगा के किनारे बसे लोगों में संक्रमण हो सकता है इसीलिए इन इलाकों में विशेष जांच अभियान शुरू करने का निर्णय लिया गया है इन इलाकों में शीघ्र ही स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच के लिए कैंप लगाएगी राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सोनपुर के विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र मेला पर रोक लगा दी है गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने कहा है कि इस वर्ष मेले का आयोजन नहीं होगा इधर राज्य सरकार ने कोरोना से बचाव के लिए कार्तिक पूर्णिमा स्नान को लेकर भी लोगों को जागरूक करने का निर्देश दिया है जिला प्रशासन को कहा गया है कि लोगों को जागरूक किया जाए कि लोग नदीं घाटों पर स्नान के लिए नहीं जायें वहीं बारह साल के बाद होने वाला हरिद्वार महाकुंभ चार माह के बजाय दो माह का होगा जो इक्कीस मार्च से सत्ताईस अप्रैल तक चलेगा मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को ऑनलाइन निबंधन कराना होगा लोगों को गंगा में स्नान के लिए कोविड उन्नीस की निगेटिव रिपोर्ट भी दिखानी होगी प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड उन्नीस के सात सौ तेरह नये मामले सामने आये हैं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक दो सौ सड़सठ मामले पटना जिले में हुई है वहीं मुजफ्फरपुर में तैंतीस कटिहार में पच्चीय सहरसा में चौबीस दरभंगा और सुपौल में बाईस बाईस नये मामलों की पुष्टि हुई है राज्य में पांच हजार पांच सौ पचासी सक्रिय मरीज हैं जिनका इलाज प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में किया जा रहा है कोविड उन्नीस से ठीक होने वालों की दर संतानवे दशमलव शून्य आठ प्रतिशत है देश में कोविड के संक्रमण से ठीक होने की दर तिरानवे दशमलव छह आठ प्रतिशत हो गई है स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले चौबीस घंटों में कोरोना संक्रमण से इकतालीस हजार चार सौ बावन लोगों के स्वस्थ होने के साथ ही संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या सतासी लाख उनसठ हजार से अधिक हो गयी है देश में सक्रिय मामलों की संख्या चार लाख चौवन हजार नौ सौ चालीस है जो कुल मामलों का केवल चार दशमलव आठ सात प्रतिशत है वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र सैनी ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा है कि कोरोनो वायरस संक्रमण से सुरक्षित रहने के लिए आवश्यक है कि सभी एहतियाती उपायों का पालन किया जाए उन्होंने कहा कि टीका आने के बाद भी लोगों को टीकाकरण की अपनी बारी के लिए सरकार के निर्देशों के अनुसार कदम उठाना चाहिए बाईट हमें ध्यान रखना होगा कि हम लोग संक्रमित न हो इस बीमारी से जिसके लिए बार बार कहते हैं कि वैक्सीनेशन जब तक नहीं आता तब तक हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना है मास्क रखना है अपने हाथों को बार बार साफ करना है और भीड़ भाड़ जगहों से दूर रहना है हमें समझना भी होगा कि एक बार में इतने वैक्सीनेशन नहीं बन सकते इस लिए वैक्सीनेशन आ भी जाये तो उसके लिए जो गर्वमेंट प्रॉयटी दे उसको ध्यान से सुनें और उसी के अनुसार हम अपने वैक्सीनेशन का इंतजार करें वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर मध्र यादव ने आकाशवाणी से खास बातचीत में कहा कि लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया में ज्यादातर गतिविधियों की अनुमति दी जा रही है लेकिन कुछ क्षेत्रों में कोरोना वायरस के ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर कोविड जांच हो रही है डॉक्टर यादव ने यह भी कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सरकार हालात से निपटने के लिये पूरी तरह तैयार है

तो धीरे धीरे ये केसेज बढ़ते जा रहे हैं प्लस टेस्टिंग भी हमारी उसी तरीके से बढ रही है चाहे वह रैपिड एंटिजन टेस्ट हो या वो आरटीपीसीआर हो

दूसरी मैं एक बात कहना चाहूंगा कि डरने वाली कोई बात नहीं है सरकार ने बेड का अरेंजमेंट अच्छा खासा कर लिया है केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कोयला माफिया मामले में जांच के दौरान चार राज्यों बिहार पश्चिम बंगाल झारखंड और उत्तर प्रदेश के चालीस ठिकानों पर छापेमारी की है सीबीआई ने ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड और रेलवे के अधिकारियों तथा कुछ अन्य लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं मूख्यमंत्री नीतीश कूमार ने पूलिस अधिकारियों को हर हाल में अपराध पर नियंत्रण रखने का निर्देश दिया है श्री कुमार ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में कहा कि सभी थानों में नियमित रूप से रात्रि गश्ती सुनिश्चित करने को कहा उन्होंने कहा कि किसी प्रकार की लापरवाही बर्दास्त नहीं की जायेगी मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून का सख्ती से पालन हो ताकि अपराधियों में कानून का भय बना रहे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की इकहत्तरवीं कड़ी होगी

मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट न्यूजऑनएआईआर डॉट कॉम और न्यूजऑनएआईआर मोबाईल एप पर भी सुना जा सकता है इसके अलावा सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा प्रधानमंत्री कार्यालय के यू ट्यूब चैनलों पर भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा मन की बात कार्यक्रम के तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र से किया जायेगा इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि आठ बजे से भी सुना जा सकता है प्रदेश में आने वाले दिनों में ठंड में और बढ़ोतरी होगी पछ्आ हवा के कारण न्यूनतम तापमान में कमी दर्ज की गई है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिकों के अनुसार अगले अड़तालीस घंटों के दौरान आसमान के साफ रहने की संभावना है जिससे न्यूनतम तापमान में और कमी होगी मौसम विभाग के अनुसार सुबह में कोहरा छाया रहेगा गया राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा जहां का न्यूनतम तापमान नौ दशमलव सात डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया वहीं पटना का न्यूनतम तापमान ग्यारह दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया केंद्र सरकार ने पटना से आरा होते हुये सासाराम तक एक सौ तीस किलोमीटर लंबी ग्रीनफील्ड सड़क बनाने की मंजूरी दे दी है इस सड़क को बनाने पर पैंतीस सौ करोड़ रूपये खर्च होंगे जिसमें जमीन अधिग्रहण की राशि भी शामिल है यह सड़क पटना से आरा तक सिक्स लेन और आरा से सासाराम तक फोर लेन की होगी जो अंत में राष्ट्रीय राजमार्ग दो से जाकर जुड़ जायेगी भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी राज्य सभा की एक सीट के उपचुनाव के लिए दो दिसम्बर को नामांकन पत्र दाखिल करेंगे यह सीट केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई है उम्मीदवार तीन दिसम्बर तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं नाम वापस लेने की आखिरी तारीख सात दिसम्बर है आवश्यकता हुई तो चौदह दिसम्बर को मतदान होगा वोटों की गिनती उसी दिन की जायेगी सूत्रों ने बताया कि महागठबंधन की ओर से भी उम्मीदवार अपना नामांकत्र पत्र दाखिल करेंगे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने पेंशन धारकों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की अवधि अट्ठाईस फरवरी तक बढ़ा दी है इससे ईपीएफओ से जुड़े लगभग पैंतीस लाख पेंशन धारकों को फायदा होगा यह फैसला कोविड उन्नीस महामारी और बुजुर्गों को इससे प्रभावित होने की आशंका के मद्देनजर किया गया है फिलहाल पेंशन धारक तीस नवम्बर तक कभी भी जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं जो जारी होने की तिथि से एक वर्ष तक मान्य रहेगा जीवन प्रमाण पत्र तीन लाख पैंसठ हजार सामान्य सेवा केंद्रों एक लाख छत्तीस हजार बैंक शाखाओं डाकघरों और एक लाख नब्बे हजार डाकियों तथा ग्रामीण डाक सेवकों के जरिए जमा कराया जा सकता है पटना उच्च न्यायालय ने राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी की हुई ऑनलाइन परीक्षा परिणाम को घोषित करने पर रोक लगा दिया है न्यायालय ने एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुये राज्य सरकार और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को पंद्रह दिसंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है दारोगा के दो हजार चार सौ छियालीस पदों के लिए कल मुख्य परीक्षा आयोजित की जायेगी इसके लिए बारह जिलों के एक सौ दो परीक्षा केन्द्र बनाये गये हैं इधर कोरोना संक्रमण को देखते हुए छात्रों को परीक्षा केन्द्र पर एक घंटे पहले आना होगा गौरतलब है कि मुख्य परीक्षा के लिए लगभग पचास हजार से अधिक परीक्षार्थी सफल घोषित हुये हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले ब्रथ अध्यक्षों को सम्मानित करने का ऐलान किया आज रक्सौल से इस अभियान की शुरुआत करते हुए श्री जायसवाल ने सबसे अधिक वोट लाने वाले चार मंडलों के दो दो बूथ अध्यक्षों को सम्मानित किया कटिहार जिले के हसनगंज के थानाध्यक्ष नवनीत कुमार नमन को आज लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया है गोपालगंज जिले के गोपालपूर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने दो लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया खगड़िया जिले के पसराहा थाना क्षेत्र अन्तर्गत घोरकाठ गांव में पूलिस ने छापेमारी कर एक घर से अस्सी कार्टन विदेशी शराब जब्त किया है सीवान जिले के मैरवा थाना क्षेत्र के दरौली मोड़ के पास वाहन जांच के दौरान एक मोटरसाईकिल सवार व्यक्ति को चौदह बोतल बीयर के साथ गिरफ्तार किया है नालंदा जिले के हरनौत थाना क्षेत्र अंतर्गत गोनामा गांव के पास बस और मोटरसाईकि की टक्कर में दो युवकों की मौत हो गयी इधर घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या तीस ए को घंटों जाम कर यातायात बाधित किया इसके बाद जिला प्रशासन ने मृतकों के निकटतम आश्रितों को चार चार लाख रूपये अनुग्रह अनुदान दिया राशन किरासन से वंचित सैंकड़ों लाभुकों ने आज बगहा अनुमंडल कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया शिक्षा विभाग ने बेगूसराय के राजकीय शिव कुमारी आयुर्वेद महाविद्यालय को बिहार विश्वविद्यालय से हटा कर आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कर दिया है खगड़िया जिले में जांच अभियान के दौरान विभिन्न मामलों में बावन लोगों को गिरफ्तार किया गया

और प्रदेश में पछुआ हवा के प्रभाव से ठंड में लगातार हो रही है वृद्धि